त् राजधानी रांची में सिटी बसों का डीजल की जगह सीएनजी से होगा परिचालन नगर निगम ने तैयार किया मसौदा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

इस कार्यकम में वे शिलांग में पूर्वोत्तार इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्था में साढ़े सात हजारवें जन औषधि केन द्र भी राष्ट्र को समर्पित किया इस मौके पर श्री मोदी ने भारतीय जन औषधि योजना के लाथार्थियों के साथ चर्चा की और विभिन्न सवालों का जवाब भी दिया उन्होंने भारतीय जन औषधि योजना को जनोपयोगी बनाने पर भी जोर देते हुए कहा कि यह योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है

श्री मोदी ने इस योजना को लोक हित और कल्याणकारी बताया उन्होंने कहा कि जन औषधि केद्रों से अबतक लगभग ग्यारह करोड़ सेनेटरी नैपकिन की बिकी हो चुकी है उन्होंने कहा कि इस योजना से पहाड़ी और दूरदराज इलाकों में दवाईयां उपलब्ध करायी जा रही है जो जन कल्याणकारी भी है उन्होंने कहा कि इन केद्रों को महिलाएं चला रही हैं जिसे आने वाले दिनों में देशा के कोने कोने में और अधिक बढ़ाया जाएगा मालूम हो कि एक से सात मार्च तक जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है जिसके माध्यम से देश को पौष्टिक अन्न भी मिलेगा और हमारे किसानों की आय भी बढ़ेगी उन्होंने कहा कि लंबे समय तक देश की सरकारी सोच में स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी और इलाज का ही विषय माना गया लेकिन स्वास्थ्य का विषय सिर्फ बीमारी और इलाज तक सीमित नहीं है बल्कि ये देश के पूरे आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है

प्रधानमंत्री नरें द्र मोदी का संवाद कार्य क्र म परीक्षा पे चर्चा इस महीने वर्चुअली आयोजित किया जाएगा यह इस कार्य क्र म की चौथी कड़ी होगी इस कार्य क्र म में प्रधानमंत्री स्कूल के विद्यार्थियों शिक्षकों और माता पिता से आने वाली परीक्षाओं को लेकर व्यापक बातचीत करेंगे कार्य क्रम के लिए पंजीकरण प्रशिक्र या माईजीओवी प्लेटफॉर्म पर जारी है

कार्य क्रम में भाग लेने वालों का चयन माईजीओवी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रतियोगिता से किया जाएगा

प्ररे देश से चुने गए प्रतिभागी अपने राज्य से और कें द्र शासित प्रदेश मुख्यालय से ऑनलाइन कार्य क्र म में भाग लेंगे और उन्हें परीक्षा पे चर्चा विशेष किट दी जाएगी पश्चिम बंगाल असम तमिलनाडु केरल और पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है इस कम में प्रधानमंत्री नरेन् द्व मोदी आज र्दोपहर बाद दो बजे कोलकाता में ब्रिगेड परेड मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अनुसार श्री मोदी की इस रैली के साथ ही परिवर्तन यात्रा का समापन हो जाएगा जिसकी शुरुआत भाजपा ने फरवरी में की थी इस रैली में राज्य भर से पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीस से अधिक सभाओं को संबोधित करेंगे राज्य में विधानसभा चुनाव आठ चरणों में होंगे

रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिए शन के आहवान पर कल से रिम्स सहित छह मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे जेडीए के सदस्यों का कहना है कि पिछले तीन वर्षो से एरियर नहीं मिलने और उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण रिम्स सहित धनबाद जम शेदपुर दुमका और पलामू में जूनियर डॉक्टर ओपीडी का बहिष्कार करेंगे डॉक्टरों ने कहा है कि एक सप्ताह में एरियर भुगतान नहीं किया जाता है तो सभी मेडिकल कॉलेजों में तैनात रेजिडेंट डॉक्टर अपने कार्यों का बहिष्कार करेंगे कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है

यह दिवस महिलाओं की सांस कृ तिक राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों को रेखांकित करने के साथ ही आम महिलाओं के साहस और संकल्प को भी उजागर करता है इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है महिला नेतृत्वः कोरोनाकाल में समानता की ओर पिछले वर्ष नारीशक्ति पुरस्कार विजेताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरें द्र मोदी ने कहा था कि इन महिलाओं ने समाज निर्माण और पूरे राष्ट्र को प्रेरित करने में महान योगदान किया है श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान के बिना देश खुले में शौच से मुक्त दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता था

अग्रणी कार्यकर्ताओं का टीकाकरण दो फरवरी से शुरू हुआ था

राज्य में कल ग्यारह हजार आठ सौ पैंतालीस लोगों ने कोरोना टीकाकरण का पहला डोज और सात हजार पांच सौ पंचानवें लोगों ने कोरोना का दूसरा डोज लिया राज्य में अब तक तीन लाख पंचास हजार उनसठ लोगों को कोरोना का पहला टीका लगाया जा चुका है इनमें से तीन लाख तेरह हजार एक सौ इक्यानवें हेत्थ और फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं वहीं अब तक तिरसठ हजार एक सौ छियासी लोगों ने कोरोना का दूसरा टीका लिया है राज्य में कोरोना के चौवालीस नए संक्रमितों की पहचान की गई है अब तक राज्य में एक लाख बीस हजार दो सौ सत्रह संकमितों की पुष्टि हो चुकी है जिसमें से एक लाख अठारह हजार छह सौ पैंसठ की रिपोर्ट नेगेटिव आयी है इस समय राज्य में कुल चार सौ इकसठ सक्रिय मामले हैं

राजधानी रांची को प्रदूषण मुक्त और सुव्यवस्थित रखने के लिए नगर निगम की ओर से सिटी बसों को डीजल से सीएनजी में बदला जायेगा इसके लिए कल निगम कार्यालय एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें तैयार प्रस्ताव को आगामी बोर्ड की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जायेगा बैठक में फैसला लिया गया है कि राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान और राजभवन के चारो ओर मुख्यमंत्री निवास के सामने हरमू मुक्तिधाम से बिरसा चौक तक पेवर्स ब्लॉक लगाया जायेगा जिसके तहत पैदल चलने वालों और साईकिल चलाने वालों के लिए अलग अलग ट्र क बनाया जायेगा रांची के समाहरणालय कार्यालय में हुई बैठक में रांची जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के िक्र याकलापों पर चर्चा की गई उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में हई इस बैठक में कहा गया कि दिसंबर और जनवरी महीने में खलारी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन कर नियमानुसार योजनाओं का चयन किया गया है ट्र स्ट की राशि को स्वास्थ्य शिक्षा कौ शल विकास महिला एवं बाल विकास पेयजलापूर्ति बुज़र्ग एवं दिव्यांग कल्याण पर्यावरण संरक्षण वायु प्रदूषण नियंत्रण जैसी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में खर्च किया जा सकता है बैठक में कहा गया कि बुढ़मू और खलारी प्रखंड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और छह स्वास्थ्य उपकेंद्रों में सौर उर्जा की स्थापना की जाएगी

इस संबंध में उपायुक्त अरवा राजकमल के अध्यक्षता में आयोजन कमेटी की एक बैठक हई

रामगढ़ समाहरणालय के ब्लॉक बी स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त नागेंद्र क मार सिन्हा ने जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की भारत ने अहमदाबाद में चौथे िक्र केट टैस्ट मैच में इंग्लैंड को पच्चीस रन से हराकर चार मैचों की श्रृंखला तीन एक से जीत ली है इस के साथ ही भारत विश्व टैस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहंच गया है भारत आईसीसी टैस्ट टीम रैंकिंग में भी न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंच गया है

रिषभ पंत को शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया

राष्ट्र पति रामनाथ कोविंद ने इंग्लैंड से क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है